सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार दो सौ अस्सी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देशभर की ग्राम पंचायतों को सम्बोधित करेंगे श्री मोदी लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरूआत करेंगे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी

पंचायती राज दिवस पर हर साल सरकार बेहतर काम करने वाली पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इस वर्ष ऐसे चार प्रस्कार देने का निर्णय लिया गया है संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ बानबे के जरिए चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानबे को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी इसे देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है देश में पिछले एक महीने में कोविड नाइन्टीन महामारी में तेज वृद्धि नहीं देखी गई इसमें कुल मिलाकर सामान्य और रिथिर रूप से वृद्वि हुई केन्द्र की रणनीतियों से वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली है अधिकार प्राप्त कोरोना समन्वय समूह के अध्यक्ष ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी से कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने महामारी के फैलाव को रोकने और कोविड नाइन्टीन रोगियों की वृद्धि दर कम करने में मदद मिली है समिति ने कहा कि पिछले एक महीने में सरकार ने जांच सुविधाएं बढ़ाई हैं और पांच लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई सरकार देश में मृत्यु दर को कम रखने के लिए जांच और उपचार के सिद्वांत पर कार्य कर रही है इस बीच देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के ठीक होने की दर उन्नीस दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गई है कल एक हजार दो सौ उत्तीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या इक्कीस हजार सात सौ हो गई इनमें से चार हजार तीन सौ पच्चीस रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई कोविड नाइन्टीन से अब तक छह सौ छियासी रोगियों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम अट्ठारह सौ सत्तानबे में संशोधन का अध्यादेश लागू हो गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल इसे मंजूरी दी अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है और स्वास्थ्यकर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीड़न शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा प्रधानमंत्री इस महीने की सत्ताईस तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो काफ्रेंस होगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की ऐसी ही वीडियो काफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढाने से पहले हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत साढ़े दस लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का फायदा मिला है अड़सठ हजार से अधिक प्रतिष्ठानों को निधि योगदान के रूप में लगभग एक सौ बासठ करोड़ रूपये दिये गये हैं वहीं इस योजना के तहत तैंतीस करोड़ से अधिक गरीबों को सीधे वित्तीय सहायता दी गई है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने गरीबों को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने की छब्बीस तारीख को पैकेज की घोषणा की थी इसके तहत सरकार ने महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकदी के भुगतान की घोषणा की थी बीस करोड़ पांच लाख महिलाओं के जनधन खाते में दस हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि डाली गयी है बुजुर्गो विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग दो करोड़ बयासी लाख रूपये दिये गये हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के रूप में सोलह हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि आठ करोड़ किसानों के खाते में डाली गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने बीस या बीस से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों वाले जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है इन जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक सप्ताह तक कैंप करेंगे और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के साथ साथ लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट सीधे शासन को भेजेंगे ऐसे क्षेत्रों में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को घनी आबादी वाले इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो उन डॉक्टरों के फोन नंबर प्रचारित करे जो फोन पर मरीजों को परामर्श देने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं केन्द्र ने इन खबरों का खंडन किया है कि किसी कारखाने में कोविड नाइन्टीन रोगी का मामला सामने आने पर कारखाने को बंद कर दिया जायेगा और कम्पनी के सीईओ को जेल भेजा जायेगा केन्द्रीय गृह सचिव अजय क्मार भल्ला ने कहा कि कुछ कम्पनियों और मीडिया की ऐसी आशंकाएं लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूँ की खरीद का काम जारी है लॉकडाउन के कारण शेल्टर होम में रहने वालों के लिये गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है अब तक राज्य में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने वाले दो सौ छः मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं राज्य के पैंतालीस जिलों में कोरोना के एक हजार दो सौ अस्सी एक्टिव मामले हैं

प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्यारह जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है इनमें पीलीमीत लखीमपुरखीरी हाथरस बरेली प्रयागराज प्रतापगढ़ महाराजगंज शाहजहापुर बाराबकी हरदोई और कौशाम्बी शामिल हैं जहां अब कोविड नाइन्टीन संक्रमण का कोई मामला नहीं है और अब कुछ संक्षिप्त समाचार महोबा जिले में प्रशासन ने प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद एक सौ चौवन लोगों को क्वारंटीन किया है जिलाधिकारी अवधेश तिवारी ने बताया कि ये लोग पिछले दो दिनों में गैरकानुनी रूप से ट्रकों से यात्रा करते हए पाए गए हैं प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर रूपेश क्मार ने जिले में प्रवेश करने वालों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोटा से आए और घरों में क्वारंटीन किए गए छात्र छात्राओं से मोबाइल पर संपर्क कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में समय समय पर जानकारी ली जाए इस बीच जिले में बाहर से आए पांच सौ श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए हैं गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने में धर्मगुरूओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है क्शीनगर जिले की तहसील कप्तानगंज में कल उन्होंने मुस्लिम धर्मग्रूओं के साथ बैठक की श्री नार्लिकर ने मुस्लिम धर्मग्रूओं से आग्रह किया कि वे आगामी पवित्र रमजान महीने में लोगों से घरों में रहकर इबादत करने की अपील करें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा रहे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन और घर घर रसोई गैस की आपूर्ति कर रहे कर्मियों और पेट्रोल पंपों पर सेवारत कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि महामारी के इस संकट के समय में जनसेवा में जुटे कोरोना योद्वाओं का हमें सम्मान करना चाहिए पीलीभीत जिले में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मंडी अब सुबह चार बजे से सात बजे तक और किराना खाद बीज और पेस्टीसाइड की दुकानें सुबह छह बजे से नौ बजे तक खुलेंगी वाराणसी के जिलाधिकारी ने कल मुस्लिम धर्मगुरूओं और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के संबंध में चर्चा की जिलाधिकारी ने कहा कि रमजान के दौरान किसी को भी गली मुहल्लों में निकलने की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जरूरतमंद रोजेदारों तक जरूरी खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करेगा जौनपुर जिले में कल सत्तावन लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के सड़सठ कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट आना अभी शेष है कुशीनगर के पूर्व सांसद राजेश पाण्डेय ने अपनी व्यक्तिगत निधि से पीएम केयर्स फंड में एक लाख रूपए दिए हैं उन्होंने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने में सभी से सरकार का सहयोग